देहरादून में गन्ना एवं चीनी विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने बाजपुर और नादेही चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ ही बिजली उत्पादन के लिए यूजेवीएनएल के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये

उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में किसानों के व्यापक हितों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया मुख्यमंत्री ने इकबालपुर चीनी मिल से जुड़े गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये कार्यशाला हरिद्वार शहरी आवास विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि किसी भी शहर की सफाई व्यवस्था नगर निगम का दायित्व होता है लेकिन किसी भी संस्था की उन्नति में पूरी टीम को सहभागिता निभानी पड़ती है

इसके लिए हर अधिकारी और कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी उन्होंने कहा कि कई अधिकारी हैं जो पूरी जिम्मेदारी से कार्य करके राज्य को परिणाम दे रहे हैं आंचल दुग्ध वर्कशाप राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने उत्तराखंड डेरी फेडरेशन के आंचल पशु आहार को क्वालिटी मार्क प्रदान किया है

चम्पावत में आयोजित पशु आहार एवं पशु पोषण गोष्ठी में उत्तराखंड कॉपरेटिव डेरी फेडरेशन के प्रबन्धक पीसी शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब प्रदेश में पशुओं को गुणवत्तायुक्त आहार मिलेगा उन्होंने कहा कि इसके प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह गोष्ठियों का आयोजन कर दुग्ध उत्पादकों को जानकारी दी जा रही है

यातायात सुधार प्रदेश में बेहतर यातायात प्रबन्धन और व्यवस्था में सुधार के लिए विभिन्न जिलों को तैंतालीस लाख रुपये धनराशि आंवटित की गई है

टिहरी झील टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा टिहरी जलाशय को पर्यटन विकास एवं साहसिक जल क्रीड़ा को विश्वस्तरीय स्थल के रूप में विकसित करने विषय पर देहरादून में बैठक का आयोजन किया गया बैठक में बताया गया कि टिहरी बांध जलाशय के चारों ओर रिंग रोड न होने से पर्यटन विकास के लिए आवश्यक मूल भूत ढांचागत सुविधाओं का विकास नहीं हो पा रहा है रिंग रोड के निर्माण से इस क्षेत्र के आस पास के कई गांव और आबादी क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्री भी रिंग रोड का उपयोग कर सकेंगे बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने भविष्य में झील क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने और निकटवर्ती गांवों को यातायात की बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रिंग रोड को दो लेन में तैयार करने के निर्देश दिये वहीं पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि रिंग रोड के कार्य को एशियन विकास बैंक से वित्त पोषित किये जाने का प्रस्ताव है

बैठक हल्द्वानी पर्यावरण संरक्षण परिषद के उपाध्यक्ष प्रकाश हर्बोला ने काठगोदाम में नगर निकायों परिवहन चिकित्सा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उद्योग विभाग की स्वच्छ भारत मिशन के तहत समीक्षा बैठक ली उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों से जिले में अब तक स्वच्छ भारत मिशन प्रदूषण कूड़ा निस्तारण प्रधानमंत्री आवास योजना दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राजीव आवास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली

तभी स्वच्छता मिशन को पूर्ण किया जा सकता है

ग्रामीणों का कहना है कि पॉलीथिन प्रकृति के साथ जीवन के लिए भी घातक है उन्होंने पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने की शपथ ली साथ ही अन्य लोगों को भी जागरूक करने की बात कही निवर्तमान ग्राम प्रधान मोहन सिंह रावत ने बताया कि पॉलीथिन से पहाड़ों में खेती प्रभावित हो रही है जानवरों को भी इससे नुकसान हो रहा है उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की मुहिम के बाद पूरे क्षेत्र के लोग पॉलीथिन के समूल नाश को लेकर एकजुट हुए हैं

नैनीसैनी हवाई पट्टी से देहरादून के लिए हवाई सेवा आज से शुरू हो गई इस विमान से नौ यात्री पिथौरागढ़ पहुंचे इस बार देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच सीधी सेवा चलेगी पिथौरागढ़ और देहरादून के बीच एक दिन में कुल दो फ्लाइटें चलेंगी जबकि इससे पहले सेवा के दौरान विमान पंतनगर होकर देहरादून के लिए रवाना होता था पर अब सीधी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं इस सेवा से अब लोगों को पिथौरागढ़ से दून जाने के लिए घंटो तक थका देने वाला सफर नहीं करना पड़ेगा रीजनल आउट रीच ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो देहरादून द्वारा सद्भावना एवं राष्ट्रीय पोषण मिशन पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में कुपोषण के कारण लक्षण और रोकथाम पर चर्चा की गई कार्यशाला को संबोधित करते हुए देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने पोषण युक्त खानपान के साथ ही प्रदेश को पॉलिथीन मुक्त कराने का लोगों से आग्रह किया इस अवसर पर रीजनल आउटरीच ब्यूरो के अपर महानिदेशक नरेंद्र कौशल ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य विशेषज्ञों द्वारा पौष्टिक आहार के बारे में दी गई जानकारी और सुझावों को लोगों तक पहुंचाना है इस अवसर पर लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से पोषण के बारे में जागरुकता का संदेश दिया शिक्षा कार्यक्रम ग्राम्य विकास एवं उद्योग प्रमुख सचिव मनीषा पवार ने अल्मोडा के पंच धारा प्राथमिक विद्यालय में रूपांतरण शिक्षा कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली उन्होंने खत्याडी क्षेत्र मे मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए संचालित विद्यालय मंगल दीप का भी निरीक्षण किया और विद्यालय में की जा रही गतिविधियो की प्रंशसा की उन्होंने विद्यालय प्रबन्धन द्वारा समाज की धारा से वंचित छात्र छात्राओं के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना की प्रमुख सचिव ने कहा कि अल्मोड़ा में पलायन को रोकने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा लघु उद्योग और जीवीकोपार्जन की दिशा में अनेक कार्य किये जा रहे हैं बागेश्वर बारिश बागेश्वर जिले में आज सुबह हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ बारिश से कई गाड गदेरे और नदी नाले उफान पर आ गए अतिवृष्टि से लोगों के घरों में पानी भर गया

साथ ही पैदल रास्ते बिजली के पोल आदि भी बह गए करीब तीन घंटों तक बारिश होती रही बारिश से उफनाई सरयू और गोमती नदियों के कारण बागनाथ मंदिर के घाटों तक पानी भर गया सरयू नदी किनारे जल पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है मौसम विभाग ने रुद्दप्रयाग चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है हाईकोर्ट एनआईवीएच नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान यानि एनआईवीएच के मामले में सुनवाई करते हुए वहां स्थित मस्जिद के इमाम द्वारा दायर प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई मस्जिद के इमाम इमाम ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि मस्जिद संस्थान के पास स्थित है वहां पर लोग नमाज पढ़ने आते हैं लिहाजा उनको वहां आने जाने की अनुमति दी जाय इसका विरोध करते हुए न्यायमित्र ललित बेलवाल ने कहा कि इससे संस्थान की सुरक्षा प्रभावित होगी

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है